राष्ट्रीय जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जन औषधि भण्डारों के संचालकों और लाभार्थियों से की बातचीत राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस के सत्ता में आने पर देश की रक्षा करते शहीद होने वाले अर्ध सैन्य बलों के जवानों को दिया जाएगा शहीद का दर्जा प्रदेश में आज लगातार दूसरे दिन मौसम के लगभग साफ बने रहने से शीत लहर से हल्की राहत कल फिर वर्षा और बर्फबारी के आसार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि इस परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के हर सम्भव प्रयास होंगे

उन्होंने कहा कि इस सैटेलाईट सैंटर को क्षेत्रीय शोध संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पांच हजार जन औषधि भण्डारों के संचालकों और इस कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत की देश के छह सौ बावन जिलों में पांच हजार से अधिक भारतीय जन औषधि परियोजना कोन्द्र काम कर रहे हैं केन्द्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में बताया कि पिछले तीन वर्षो में जेनेरिक औषधियों की बाजार में हिस्सेदारी में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है जो दो प्रतिशत से बढ़कर सात प्रतिशत हो गई है हिमाचल प्रदेश में भी जन औषधि केन्द्र लोगों के लिए लगातार फायदेमंद साबित हो रहे हैं सोलन में लोगों का कहना है कि उन्हें इन केन्द्रों के माध्यम से काफी कम दामों पर दवाईयां मिल रही हैं

महेन्द्र सिंह ठाकुर आज सरकाघाट की नरोला पंचायत के मटयारा में उठाउ पेयजल योजना के सुधारीकरण और निरीक्षण कुटीर के शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

इस अवसर पर सांसद रामस्वरूप शर्मा विधायक कर्नल इन्द्र सिंह और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे बिक्रम ठाकुर उद्योगमंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है इससे विद्यार्थी तकनीकी ज्ञान हासिल कर स्वरोजगार से अपना भविष्य संवार सकते हैं बिक्रम ठाकुर आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के जंडौर में नागरिक मंच द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने दावा किया कि सरकार बनने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के अनेकों कार्य शुरू हुए हैं जिनके पूरा होने पर क्षेत्र के लोगों के जीवन में समुद्धि आएगी उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में उभरेगा राहल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले अर्ध सैन्य बलों के जवानों को शहीद का दर्जा देगी राहुल गांधी आज कांगड़ा जिला के चाम्बी में कांग्रेस की परिवर्तन रैली को संबोधित कर रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करेगी साथ ही देश की जनता को न्यूनतम आय की गारंटी भी देगी उन्होंने पुलवामा घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सेना की कार्रवाई का समर्थन किया इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर पूर्व केन्द्रीय मंत्री आनंद शर्मा और अन्य नेता भी मौजूद थे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बेटे की शादी की वजह से रैली में शामिल नही हो पाए बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नाहन विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है बिंदल आज धारटीधार क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो की आधारशिला रखने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि विकास की कोई सीमा नहीं होती लेकिन जो विकास कार्य वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नाहन क्षेत्र में हुए हैं वे अपने आप में एक रिकार्ड है उन्होंने कहा कि धारटीधार के काटल मण्डलाह डगजार सड़क की डीपीआर तैयार कर मंजूरी के लिए भेज दी गई है इस सड़क के बन जाने पर क्षेत्र के किसानों को अपने उत्पाद मण्डियों तक पहुंचाने में सुविधा होगी कुसुम सदरेट शिमला शहर के कोर एरिया से अब सुबह साढ़े आठ बजे से पहले कूड़ा उठ जाया करेगा नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट ने आज आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि निगम ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं

ये मैदान खेल गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होंगे इनके बनने से युवाओं को सामाजिक कार्य तथा खेलकूद की ओर आकर्षित किया जा सकेगा कपूर आज धर्मशाला में नेहरू व युवा केन्द्र द्वारा आयोजित जिला युवा सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने युवाओं से मेहनत व लगन के साथ कार्य कर भविष्य को उज्जवल बनाने का आहवान किया

इस दौरान झुग्गी झोंपडियों में रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि पोलियो मुक्त हो चुके देश में दोबारा पोलियो का कोई मामला न आए

मौसम प्रदेश में आज लगातार दूसरे दिन मौसम के लगभग साफ बने रहने से तापमान में हल्का सुधार हुआ है जिससे लोगों को शीत लहर से हल्की राहत मिली है हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी प्रचण्ड शीत लहर चल रही है

इस बीच लाहौल घाटी के लिए आज प्रदेश सरकार और वायु सेना के हैलीकॉप्टरों ने उड़ानें भरी तथा बड़ी संख्या में लोगों को घाटी से बाहर निकाला लाहौल की म्यार घाटी की चिमरेट पंचायत के उप प्रधान गोपीचंद ने घाटी में महीनों से बंद पड़ी सड़कों और संचार सेवा को तुरंत बहाल करने तथा हिमखण्ड गिरने की आशंका के मद्देनजर घाटी का हवाई सर्वेक्षण करवाने की सरकार से मांग की है